जम्मू कश्मीर मुठभेड जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज जारी मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए और सेना के एक अधिकारी सहित चार सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं जिले के पिंगलीना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान एक नागरिक की भी मौत की खबर है आधिकारिक जानकारी के अनुसार आतंकवादियों की पहचान करने के साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उनका किस गुट से संबंध रहा है सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों में से एक के पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश से संबंध होने का अनुमान है सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि रिहायशी इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की संभावना होने के कारण मुठभेड़ स्थल में तलाशी अभियान जारी है वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में कहा है कि आतंकवादियों का सफाया करने में सुरक्षाबलों को लगातार सफलता मिल रही है पुलवामा मुठभेड़ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों का मनोबल बहुत ऊंचा है विधानसभा सत्र पन्द्रहवीं विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ विधानसभा की पहले दिन की कार्यवाही आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्वांजलि देने के साथ ही दिनभर के लिये स्थगित कर दी गई विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे निहायत घ्रणित कार्यवाही बताया तथा सरकार से इसके खात्मे के लिये कठोर कदम उठाने का आग्रह किया

अब तक विधानसभा सचिवालय में करीब सात सौ सत्ताइस प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं वित्तमंत्री तरूण भानोट अगले वित्तवर्ष के शुरूआती चार महीनों का खर्च चलाने के लिए यह लेखानुदान पेश करेंगे उम्मीद् की जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा बजट किसानों के लिए दिया जायेगा इसका अलावा युवाओं और कर्मचारियों के लिए भी कुछ जरूरी प्रावधान किये जा सकते है इसके साथ ही आज तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है जो करीब चार हजार करोड़ रूपये का होगा

आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री कमलनाथ द्वारा हरी झंडी देकर रवाना की गई नई चिकित्सा एंबुलेंस में जीवन रक्षक सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी

इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग मंत्री आरिफ अकील सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा उपस्थित थे राष्ट्रपति टैगोर पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टेगौर पुरस्कार प्रदान किए

इस मौके पर उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गुरूदेव टेगौर अनूठी प्रतिभा के धनी थे उन्होंने कहा कि देश को उसका राष्ट्रगान देने वाले ग्रूदेव को हर रोज एक कवि के रूप में याद किया जाता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विदेशी आक्रमणों और उपनिवेशन के बावजूद भारत की समुद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरूदेव टेगौर और स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियों के योगदान से यह संभव हो सका

श्री गहलोत ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि उनके मंत्रालय को यह जानकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केन्द्र के सहयोग से हुए सर्वेक्षण से ज्ञात हुई है

जिन राज्यों में ज्यादा शराब पीने के कारण लोगों को परेशानी होती है उनमें त्रिपुरा आंध्रप्रदेश पंजाब छत्तीसगढ़ और अरूणाचल प्रदेश शामिल हैं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आज भोपाल में कार्यक्रम तैयारी की समीक्षा के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं कार्यशाला में भोपाल और नर्मदा पुरम संभाग के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं उप सरपंच पंचों एक महिला और एक पुरूष अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधी भाग लेंगे इसके अलावा गांव स्तर पर तैनात ग्रामीण आजिविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूह के सचिव भी भाग लेंगे कार्यक्रम स्थल पर पंचायती राज विकास यात्राा पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी रविदास जयंती संत रविदास की जयंती कल प्रदेश में भी पूरी श्रद्धा के साथ मनाई जायेगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई गणमान्य लोगों ने प्रदेशवासियों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल श्रीमती पटेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि संत रविदास समाज के लिये प्रेरणादायी पुरूष और अलौकिक ज्ञान के धनी थे उनके जीवन से सदाचार परोपकार और सद्व्यवहार की प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों को रविदास जयंती की शुभकामना देते हुए लोगों से उनके बताये मार्ग पर चलने की अपील की है अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि इस दौरान पुलिस मुठभेड़ से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई की जायेगी मामले की सुनवाई के लिये आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा एक पूर्ण पीठ भी गठित की गई है मौसम प्रदेश के मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव का दौर जारी है अधिकांश स्थानों पर दिन में ध्रप खिलने से जहां गर्मी का असर बढ़ने लगा है वहीं रात में हवायें चलने और तापमान में कमी आने से सर्दी का अहसास बरकरार है राजधानी भोपाल में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोत्तरी हुई वहीं शाम होते होते हल्की सर्दी भी पड़ रही है मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव का दौर अभी कुछ दिनों तक चलेगा और यह बदलाव राजस्थान पर बने चक्रवात के उत्तरप्रदेश की तरफ खिसकने से हो रहा है मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर बादल छाये रहने और हवाओं का रुख बदलने से कई जगहों पर तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है